इन क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ मतदाताओं ने वोट डाले इस उप चुनाव में मतदान के वास्तविक वोटर टर्नआउट का पता लगाने के लिए पहली बार बूथ एप का इस्तेमाल किया गया

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस उप चुनाव में सरकारी मशीनरी पुलिस और प्रशासन का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है गौरतलब है कि सहाड़ा में विधायक कैलाश त्रिवेदी राजसमंद में किरण माहेश्वरी और सुजानगढ़ में भंवर लाल मेघवाल के निधन के कारण ये उप चुनाव कराये जा रहे हैं

इस बीच राज्य में आज कोरोनाप संकमण के मामलों में कल के मुकाबले डेढ़ हजार से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है

पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है इसके अलावा शहरों में सिटी बसों का आवागमन भी पूरी तरह बंद रहा

उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनियाभर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

रेल्वे ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया है रेल मंत्रालय ने सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखा है

आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थगित किए गए साक्षात्कार की तारीख की यथा समय सूचना की जाएगी

तीन दिवसीय दौरे के तहत उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया लेफ्टिनेंट जनरल ने उत्कृष्ट प्रशिक्षण मानकों और ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दोनों डिवीजन की सराहना की उन्होंने सभी रैंकों को सावधानी के साथ महामारी के बीच अपनी कड़ी मेहनत लगातार जारी रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया

जयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक एके गुप्ता ने बताया कि जयपुर डेयरी द्वारा उपभोक्ताओं को स्टार बूथो और आन लाईन बुकिंग के माध्यम से डोर डिलीवरी की सुविधा दी जावेगी